अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध बना दिया गया है

कोरोना वारियर्स को सिर्फ पुष्प वर्षा कर सम्मानित करने के निर्दे श पुलिस महानिदे शक कानून व्यवस्था अ शोक कुमार ने रमजान के दौरान माईक का प्रयोग न करने और सामूहिक नमाज न पढ़ने की अपील की है

अब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक कार्रवाई को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना दिया गया है अध्यादेश में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या संपत्ति ा को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है

इसलिए उनपर हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा और उन्हें नुकसान पहुंचाने को सहन नहीं किया जाएगा

श्री जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषी को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पित्ता के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा

इस दौरान श्री रावत ने केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स के आधार पर ही रियायतें दिये जाने की बात अधिकारियों से कही

इसको देखते हुए प्रदेश इस समय अन्य राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति में है और कोरोना सं क्रमण रोकने में उत्त ा राखंड दे श में तीसरे स्थान पर है

इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्दे श दिये कि छोटे लघु व्यवसायियों और स्थानीय लोगों की आय का सुजन कैसे हो इसके लिए व्यापक कार्य योजना जल्द तैयार की जाए

इसके तहत एम्स ऋषिकेश ने कॉलडॉक ऐप को विकसित किया है इस एप के माध्यम से एम्स ऋषिकेश में चौबीसों घंटें ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है इसका सबसे बड़ा फायदा सं क्रमण के समय हो रहा है जिससे जनता को अनावश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल में जाने से राहत मिल रही है

कॉलडॉक मरीजों को अग्रणीय चिकित्सकों से मिलने परामर्श और गैर आपातकालीन स्थितियों में घर बैठे उपचार के लाभ की सुविधा भी प्रदान करता है

एम्स के चिकित्सा अधीक्षक उदय भास्कर मिश्रा ने बताया कि एम्स में कोरोना सं क्र मित लोगों की जांच की जा रही है

इसके अलावा उन्होंने समाजकल्याण विभाग के सभी पेंशन धारको से कहा है कि यदि किसी को एक सप्ताह अन्दर यह किश्त प्राप्त नही होती है तो वह तुरन्त इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराये

रमजान पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने रमजान के महीने में माइक का प्रयोग न करने और सामूहिक नमाज न पढ़ने की अपील की है उन्होंने सभी से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने का भी अनुरोध किया है अपने वीडियो सन्देश में श्री कुमार ने कहा कि सभी जिलों में इस सम्बंध में निर्देश दिये जा चुके हैं जनपद स्तर पर धर्मगुरुओं के साथ या तो इस संदर्भ में बैठके आयोजित हो चुकी हैं या की जा रही हैं कोरोना अलर्ट रामनगर रामनगर के खताड़ी में कोरोना पॉजीटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों से सवाल भी पूछे

जिनकी जांच की गई थी उस समय सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन कुछ समय बाद दोबोरा लिए गये सैंपल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पोजेटिव आई जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने खताड़ी क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे करने का निर्णय लिया सर्वे के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कोरोना सं क्र मित व्यक्ति के संपर्क में कोई आया है या नही वही रामनगर के गूलरघ ट्टी में स्थानीय लोगों ने कोरोना वारियर्स का फूलों से स्वागत किया उन्होंने कहा कि इस सं क्र मण काल में पुलिस और अन्य कार्मिक दिन रात सेवा में जुटे है उन्होंने सभी कोरोना वारियर्स की प्रं शसा भी की कोरोना चमोली चमोली जिले में कोरोना संक्र मण और लाक डाउन के बीच लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पडे इसको देखते हुए प्र शासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे है बीमार और गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को लॉक डाउन के दौरान दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है

जिले में कोई भी भूखा ना रहे इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गरीब मजदूर और जरूरतमंदों को राशन किट के साथ साथ भोजन भी दिया जा रहा है

जिले में लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है जिले में खाद्यन्न आपूर्ति सुचारू बनी हुई है अपील विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना महामारी से सजग रहने के लिए विधानसभा सदस्यों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है इसके साथ ही उन्होने सभी विधायको से अपने विधानसभा क्षेत्रों में यह ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कही गौरतलब है कि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विधानसभा अध्यक्षों से इस बात का आ हवान किया गया था कि वे अपने राज्यों में सभी विधानसभा सदस्यों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील करें

दो की मौत दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसीयू में भर्ती दो मरीजों की आज मृत्यू होने के समाचार है

रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएगें पृथ्वी दिवस आज पृथ्वी दिवस है इसे पर्यावरण रक्षा के लिए विश्वव्यापी सहयोग प्रदर्शन के वास्ते मनाया जाता है